केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री ने युवाओं से कौशल विकास से सम्बन्धित कोर्स करने और देश में उपलब्ध संसाधनों के सदुपयोग से जीवन यापन करने का आवाहन किया इस मौके पर मौजूद केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से नई तकनीक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान देने का आहवान किया उन्होंने युवाओं को खेल कूद गतिविधियों में भाग लेने नशा निवारण के लिए आगे आने और नए भारत के निर्माण में सहयोग देने की भी सलाह दी

इस बीच कल विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा जावडेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ तालमेल कायम करके केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार करता है आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और लोक सम्पर्क तथा संचार ब्यूरो द्वारा किया जाता है जावड़ेकर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती को केन्द्र सरकार और अन्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में रेडियो और टेलिविजन के जरिये प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मिली हुई है सरवीण चौघरी शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से जुड़ने का आहवान किया है आज धर्मशाला के राजकीय उच्च विद्यालय लपियाणा के वार्षिक समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नशा मुक्त समाज देने में अपना योगदान का आहवान किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन शहर की गिरी पेयजल आपूर्ति योजना जल्द ही आरम्भ होगी

उन्होंने लोगों से नई लाईने बिछाने में सहयोग का आहवान भी किया

इसी कड़ी में लाहौल स्पिति की युरनाथ पंचायत में आज ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक कार्यशाला लगाई गई इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी खुशविंद्र ठाकुर ने लोगों को बाल संरक्षण और नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी

इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई और अधिकारियों ने डाकघरों में साफ सफाई का महत्व बताया इस अभियान में कई डाकमंडलों द्वारा पौधारोपण भी किया गया